हिन्दी दिवस पर नई दिल्ली में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किए गए वितरित प्रदेशभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का हो रहा है आयोजन राजीनामा के जरिए विभिन्न मामलों का किया जा रहा है निस्तारण

प्रदेश के कोटा बांसवाड़ा झालावाड़ और बूंदी जिले में भारी बारिश से जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है

इससे चंबल नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम और एसडीआरफ की टीमें पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं चंबल नदी में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ही धौलपुर में भी चंबल नदी में जलस्तर बढ़ रहा है जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए चंबल के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है करौली जिले के मंडरायल में चंबल नदी के पास के गांव में भी प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है

इसके साथ ही जिले में कई रपट और पुलियाओं पर पानी की चादर चल रही है पिछले दो दिनों से कई गांवों का सड़क संपर्क ट्टा हुआ है बांसवाड़ा उदयपुर सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिले में हो रही भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है उधर बूंदी जिले में भारी बारिश के चलते नैनवा कस्बे का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रंट गया है

इस बीच झालावाड़ जिले में भी कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है चित्तौडगढ जिले में जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं बीती रात निम्बाहेड़ा में करीब साढ़े चार इंच बारिश दर्ज की गई

उधर बीसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के चलते पानी की निकासी की जा रही है

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राजभाषा कीर्ति प्रस्कार समारोह का आयोजन किया गया समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दूसरे देशों की भाषा के मुकाबले में भारत की भाषाए समृद्ध है उन्होंने कहा कि आज हिन्दी दिवस पर हमें आत्म चिंतन की जरूरत है

इस मौके पर उन्होंने महाशब्द कोषा मोबाइल एप का लोकार्पण किया

समारोह में हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट और मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किये गये हिन्दी सेवा पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे हिन्दी साहित्य विधा में ईशमध् तलवार तकनीकी में कृष्ण कमार यादव और डॉ राजेश यादव को संयुक्त रूप से सम्मानित किया जायेगा

राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

समारोह में डॉ हरिमोहन सक्सेना डॉ रीता प्रताप और ममता चतुर्वेदी को प्रज्ञा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रफीक खान ने लोक अदालत का उदघाटन किया राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर के सदस्य सचिव अशोक जैन ने कहा कि लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालतों में राजनामें के जरिए बैंक वसुली प्रकरण चैक अनादरण मोटर दर्घटना क्षतिपूर्ति दावा पारिवारिक विवाद तथा राजस्व मामलों सहित अन्य सामान्य प्रकरणों निस्तारण किया जा रहा है श्री जैन ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल दो लाख साठ हजार प्रकरण चिन्हित किये गए हैं

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इसकी जानकारी दी केंद्र ने पिछले महीने प्याज की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बाढ़ के कारण इसकी आपूर्ति को लेकर आशंका बढ़ गई थी देश से प्रतिवर्ष औसतन पंद्रह लाख टन प्याज का निर्यात होता है वहीं प्रतिवर्ष एक करोड़ सत्तर लाख टन से एक करोड़ अस्सी लाख टन तक प्याज का उत्पादन होता है

साथ ही वहां बच्चों के लिये वॉल पेंटिग लगायी जाएगी यहां काम करने वाले शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य के सभी आदर्श विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक स्वीकृत हो गयी है